आकाशवाणी दूरदर्शन समाचार प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के यू टयूब चैनलों पर भी इसका लाइव स्ट्रीम किया जाएगा अविनाश राय प्रदेश सरकार के तीन वर्ष का कार्यकाल पूरा होने पर आज एक सैमी वर्चुअल कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है प्रदेश भाजपा प्रभारी अविनाश राय खन्ना ने कहा कि इस कार्यक्रम को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा संबोधित करेंगे

इस बीच प्रदेश सरकार के एक प्रवक्ता ने बताया कि प्रदेश सरकार के तीन वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर पीटरहॉफ शिमला में सुशासन और विश्वास के तीन साल विकास के समारोह का आयोजन किया जाएगा इस कार्यक्रम का विभिन्न कैबल नेटवर्क पर सीधा प्रसारण किया जाएगा

चुनाव आयोग ने स्कूलों अस्पतालों के समीप लाउड स्पीकर से प्रचार पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया है जबकि सोशल मीडिया पर भी आपतिजनक सामग्री होने पर कार्रवाई की जाएगी सार्वजनिक सभा प्रदर्शन और रैली के आयोजन के लिए समय और स्थान की सूचना स्थानीय प्लिस को देना अनिवार्य है उल्लेखनीय है कि शहरी निकाय में चुनाव लड़ने के लिए सोमवार को नामांकन पत्र दाखिल करने का अंतिम दिन है

अब एक नजुर अखबारों की सुर्खियों पर आज सभी समाचार पत्रों ने प्रदेश सरकार के तीन साल का कार्यकल पूरा होने की ख़बर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है अमर उजाला की सुर्खी है कहने को तीन साल कोरोना के चलते दो वर्ष ही मिला काम का मौका

दैनिक जागरण के शब्द हैं कोरोना संकट में भी रूकने नहीं दिया हिमाचल में विकास का पहिया दैनिक भास्कर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के हवाले से लिखता है हमारी उपलब्धियां कांग्रेस के पूरे कार्यकाल से ज्यादा दिव्य हिमाचल की सुर्खी है कांग्रेस को नहीं दिख रहा विकास जबकि आपका फैसला के शब्द हैं कांग्रेस के ऊपर से लोगों का उठ गया विश्वास पंजाब केसरी प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप राठौर के हवाले से लिखता है आज काला दिवस मनाएगी कांग्रे स

ये कैसा रोस्टर एक मात्र एससी महिला के लिए वार्ड आरक्षित अमर उजाला की एक खुबर है हिमाचल दस्तक की सुर्खी है नए साल से शुरू होगा बिलासपुर का एम्स

आधी रात को घंटों तक पानी न मिलने पर टॉयलेट में लगे नल से पानी पीकर कोविड मरीज ने बुझाई प्यास पंजाब केसरी की एक ख़बर है दैनिक जागरण की यह ख़बर भी ध्यान आकृष्ट करती है अस्पताल से शांता का भावुक संदेश राम का रचा ही होगा